आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से इसका प्रसारण किया जाएगा

आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह कार्यक्रम उपलब्ध होगा राज्य में कल आठ और कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है इनमें चार रांची के हिन्दपीढ़ी के और एक कांटाटोली के रहने वाले हैं वहीं तीन मरीज पलामू जिले के लेस्लीगंज से हैं इसके साथ ही राज्य में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब सड़सठ पहुंच गई है इनमें से अब तक तीन की मौत हो चुकी है जबकि तेरह मरीज स्वस्थ्य हुए हैं राज्य में स्बसे अधिक बयालीस कोरोना संक्रमित रांची के ही हैं जिनमें से हिंदपीढ़ी के उनचालीस बेड़ो के दो और कांटाटोली का एक मरीज शामिल है स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने हमारे संवाददाता को बताया कि कोरोना की जांच तेज कर दी गई है रिथति पर विभाग की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है इस बीच राहत की खबर यह है कि चार बोकारो के और दो धनबाद के कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं

देष के अंदर शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों आस पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है इसके अंतर्गत बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति दी गई है

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी रेस्त्रा सैलून और नाई की दुकाने बंद रहेंगी वहीं सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों के दौरान छूट केवल वस्तुएं बेचने और सेवाएं देने वाली दुकानों को ही दी गई है इस बाबत राज्य सरकार द्वारा भी कुछ पाबंदियों के साथ इसे लागू करने पर विचार कर रही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तीन महीनों तक तकरीबन बीस करोड़ परिवारों को एक एक किलोग्राम दाल देने के लिए व्यापक स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है इस योजना के तहत साबुत दाल गोदाम से उठाई जाती है और इसे साफ करके राज्यों को वितरण के लिए दिया जाता है नैफेड इसके अंतर्गत बीस करोड़ परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पांच दशमलव आठ आठ लाख टन दाल का वितरण करेगा दाल का वितरण अगले तीन महीने के दौरान राशन की सरकारी दुकानों से होगा ज्यादातर लाभार्थियों को दाल पहले महीने अप्रैल या मई के शुरू में मिल जाएगी उपभोक्ता मामलों के विभाग ने संयुक्त सचिवों की अध्यक्षता में अधिकारियों के पांच समूह गठित किए हैं जो राज्यों नैफेड दाल मिल और गोदामों के बीच समन्वय करेंगे कैबिनेट सचिव इस वितरण अभियान के दिन प्रतिदिन के आधार पर निगरानी कर रहे हैं लेस्लीगंज प्रखंड में तीन लोगों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है मालूम हो कि ये लोग बारह अप्रैल को रांची से अपने घर लेस्लीगंज आये थे इनमें से एक व्यक्ति रांची के कांटा टोली से जबकि दो अन्य डोरंडा से लौटे थे

बाद में इन्हें स्तरोन्नत उच्च विद्यालय मंदुरिया में षिफ्ट कर दिया गया झारखंड के कई जिलों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के लंबे समय बाद पलामू जिले मे कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है यहां पर एक साथ तीन मरीज कोरोना से संक्रमित पाए गए कोरोना के खौफ के कारण एक ओर जहां लोगों में डर का माहौल बना हुआ है वहीं कोरोना संक्रमितों के ठीक होने से लोगों के बीच सकारात्मक सोच भी सामने लाए जा रहे हैं

एक ठी हुए मरीज ने भी सकारात्मक सोच पर बल दिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों की घर वापसी के मुद्दे को लेकर केन्द्र सरकार से मदद मांगी गयी है उन्होंने कहा है कि इस संबंध में केन्द्रीय गृहमंत्री अमित षाह को राज्य की समस्या बतायी गयी है

जमषेदपुर जिले में कोरोना संकमण से बचाव को लेकर लोगों ने एक सामाजिक संदेष दिया है इसके तहत एक जोड़े का विवाह धूमधाम के बजाय सादगी से संपन्न कराया गया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

संगठन ने कहा कि एंटीबॉडिज की प्रतिरोधी क्षमता को लेकर जोखिम रहित पुष्टि के अभी पर्याप्त प्रमाण नहीं है

केन्द्र सरकार पूर्णबंदी में किसानों को उनके उत्पादों के सीधे विपणन और बेहतर मूल्य दिलाने के प्रभावी उपाय कर रही है राज्यों से कृषि उत्पादों की थोक और बड़े खुदरा खरीदारों तक बिक्री में किसानों किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी संगठनों की मदद के लिए सीधे विपणन को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया गया है कृषि मंत्रालय ने राज्यों को इस बारे में परामर्श जारी किया है साहिबगंज जिले में आज अक्षय तृतीया के अवसर पर सुबह से ही श्रद्दालु साहिबगंज व राजमहल के गंगा तटों पर स्नान कर पास के मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं इस अवसर पर भी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है विष्व मलेरिया दिवस के मौके पर कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से सकारात्मक प्रयास और जागरूकता की अपील की उन्होंने कहा कि हम प्रयासों से ही मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के कुषल प्रबंधन में सहायता दे सकते हैं उन्होंने कहा कि बुखार होने पर लोग तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्रों में रक्त की जांच करायें उन्होंने कहा कि यह जांच सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में निःपुल्क उपलब्ध है

चतरा जिले के नक्सल प्रभावित कुन्दा थाना क्षेत्र के सुदूरवर्ती गांव में टीएसपीसी के नाम पर एक बार फिर नक्सलियों ने पर्चा फेंककर दहशत फैलाने की कोषिष की है पर्चे के माध्यम से नक्सलियों ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को लूट की आदतों से बाज आने की चेतावनी दी है ऐसा नहीं करने पर नक्सलियों ने फौजी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है इधर पुलिस सूचना के बाद जानकारी लेने पहुंच गयी है थाना प्रभारी रामबृक्ष राम ने कहा है कि पर्चा बरामदगी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है मौसम विभाग के अनुसार आज से एक मई तक रांची और आसपास के क्षेत्रो में बादल छाये रहने के साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिष होने की संभावना है विभाग के अनुसार कल तक राज्य के कई जिलों में चालीस से पचास किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवाएं भी चल सकती हैं विभाग के अनुसार राज्य में मौसम का यह बदलाव दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेष सहित आस पास के क्षेत्रों में साईक्लोनिक सर्कुलेषन के कारण हो रहा है